कृषि मंत्रालय ने बताया है कि सरकार अपनी मौजूदा एमएसपी योजनाओं के माध्यम से किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों की खरीद करती है

इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रेप्रियो एक शानदार माध्यम है जो सकारात्मक रूप से लोगों को प्रभावित कर सकता है एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने रेपियो के सभी श्रोताओं को श्भकामनायें दीं और रेपियो से ज्ये उन सभी को बधाई दी है जो अपने श्रोताओं को रेपियो से नवीन सामग्री और संगीत की ग्रंज स्नाते हैं श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने हर महीने आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम के लिए रेपियो के सकारात्मक प्रभाव का व्यक्तिगत रूप से अन्भव किया है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नाया ू ने विश्व रेप्रियो दिवस के अवसर पर लोगों को श्भकामनाएं दी हैं सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावे कर ने विश्व रे ियो दिवस पर सभी को श्भकामनाएं दी हैं एक ट्वीट में श्री जावे कर ने कहा कि रेपियो का लगातार विस्तार हो रहा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस अवसर पर लोगों को बधाई दी है

आज यहां हरसूद के अन्विभागीय अधिकारी ॉ परीक्षित झा े सहित विभिन्न अधिकारियों ने टीका लगवाया

इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री से इंदौर में टैक्सटाइल पार्क बनाने की अपील की श्री लालवानी ने मिलों के समृद्ध इतिहास का ज़िक्र करते हुए कहा कि इंदौर के कपड़े की द्नियाभर में चर्चा होती थी वर्तमान समय में भी मालवा निमाड़ में कपास की भरपूर पैदावार होती है ऐसे में इंदौर में टैक्सटाइल पार्क का निर्माण सबसे उचित होगा

इसमें देशभर के अनोखे खिलौना और कलकृति बनाने वाले कलाकार शामिल होंगे मध्यप्रदेश से भी इस अनोखे आयोजन में कई कलाकार और संगठन शामिल हो रहे हैं

उत्सव के दौरान विभिन्न संगीतमय प्रस्त्तियाँ ए वेंचर स्पोर्ट्स हेरिटेज वॉक साइकिलिंग जैसी गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्सव के पहले दिन धार कलेक्टर आलोक क्मार सिंह ने साईकिल चला कर मांधू उत्सव में साईकिलिंग ए वेंचर का श्भारंभ किया मौसम अब खबर मौसम की वर्तमान में कोई वेदर सिस्टम सक्रिय नहीं होने की वजह से प्रदेश में मौसम श्ष्क बना हआ है आसमान साफ रहने के कारण धूप में तल्खी महसूस होने लगी है वर्तमान में हवा का रुख उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी हो रहा है उत्तर भारत की तरफ से आने वाली सर्द हवाओं के कारण दिन का तापमान अधिक नहीं बढ़ पा रहा है साथ ही रात में ठंक बरकरार है मौसम विभाग के म्ताबिक दो तीन दिन तक मौसम का मिजाज इसी तरह बना रहेगा

श्रभमान गिल और विराट कोहली बिना कोई रन बनाए आउट हए